आज मनाया जायेगा विश्व विकलांग दिवस सभी जिलों में होंगे कार्यक्रम इन्दौर में खुलेगा प्रदेश का पहला किसान कौशल विकास केन्द्र युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए की जायेगी पहल

आदेश के बाद राजगढ़ सहित मंडला नीमच श्योपुर और मंदसोर में नए मेडीकल कॉलेज खोले जाने का रास्त साफ हो गया है राजगढ़ संवाददता से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजगढ़ सांसद रोड़मल नागर जिले में मेडीकल कॉलेज की स्वीकृति के लिए लम्बे समय से प्रयासरत थे

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्वांजलि दी है इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्यावरण प्रदूषण के प्रति हमेशा सतर्क और सजग रहने का आव्हान भी किया उन्होंने कहा कि ऐसा दर्दनाक हादसा फिर कभी न हो इसके लिए नागरिकों को सतर्कता रखना जरूरी है गैस त्रासदी सभी के लिए एक सबक है इस अवसर पर भोपाल में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

इसकी चपेट में आने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में इसके दुष्प्रभाव से लोग आज भी पीड़ित हैं उच्चतम न्यायालय एससीएसटी केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों में क्रीमी लेयर को आरक्षण के फायदे से बाहर रखने का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता है

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कल इस मामले से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट इस मामले को बड़ी पीठ को सौंपने के बारे में दो सप्ताह बाद विचार करेगा

राज्यसभा में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी

उन्होंने कहा कि ई सिगरेट तंबाकू से अधिक खतरनाक है

वहीं राज्य सरकार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रदेश में यूरिया के संतुलित वितरण को लेकर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग काफी गंभीर है विभाग द्वारा यूरिया वितरण में शिकायतों के निराकरण के लिये संचालनालय में एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है

इस अवसर पर राज्य के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा उमरिया में स्थानीय सामुदायिक भवन मे दिव्यागों के सांस्कृतिक कार्यक्रम खेल प्रतियोगिता स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन किया गया है वहीं ग्वालियर में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा कम्प्र स्थित खेल परिसर में आयोजन किया गया है

रतलाम छिन्दवाड़ा आगरमालवा शिवपुरी में इस अवसर पर विकलांगजनों की खेलकृद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी राज्यपाल नैक ग्रेडिंग विश्वविद्यालयों को नैक ग्रेडिंग कराने के लिए पूरी तैयारी के साथ प्रक्रिया में शामिल होना होगा यह निर्देष राज्यपाल लालजी टंडन ने दिये हैं उच्च शिक्षा की ग्णवत्ता के लिए उन्होंने कुलपतियों से अपेक्षा की है कि वे समन्वय और सहयोग से अपने अपने संस्थानों में गुणवत्ता के विकास पर ध्यान दें श्री टंडन ने कहा कि सभी विष्वविद्यालय जल्द से जल्द एक कार्ययोजना बनाएं राज्यपाल के निर्देश पर प्रदेश नैक मुल्यांकन के बारे में जानकारी देने के लिए बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा कल प्रथम कार्यशाला का आयोजन किया गया

श्री पटवारी ने कल उज्जैन में शासकीय माधव महाविद्यालय के नवीन भवन के लोकार्पण के दौरान यह घोषणा की इस अवसर पर आयोजित युवा संवाद में उन्होंने कहा कि स्मार्ट फोन के बजाये छात्रों के बेहतर भविष्य निर्माण के लिये शासन स्मार्ट क्लासेस लगाये जाने पर विशेष ध्यान दे रहा है मंत्री ने कहा सभी महाविद्यालयों में विद्यार्थी किसी न किसी खेल में अनिवार्य रूप से भाग लें इसके लिए अलग से कालखण्ड निर्धारित किया जाएगा कौशल विकास केन्द्र किसानों को आध्निक यंत्रों और तकनीक से खेती करने में सक्षम बनाने के लिए कल इंदौर में प्रदेष के पहले किसान कोषल विकास केंद्र की नींव रखी गई इस केंद्र के भूमिपूजन समारोह के दौरान प्रदेष के कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि इस तरह केंद्रों की स्थापना से हमारा उद्देश्य है खेती को लाभ का व्यवसाय बनाकर युवा किसानों को गांव से जोड़े रखना है कृषि मंत्री सचिन यादव ने आकाशवाणी संवाददाता को बताया कि प्रदेष में फसल भंडारण के लिए नई योजना षुरू की जाएगी

नौसेना महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी ने कल नौसेना में पहली महिला पायलट बनकर एक इतिहास रच दिया है बिहार के मुजफ्फरपुर की शिवांगी को शार्ट सर्विस कमीशन पायलट प्रवेश योजना के अंतर्गत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया

वे उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याषी को भारी मतों से जिताने के लिए जनता का आभार जताएंगे